केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिमला के कुफरी में स्थापित डॉप्लर मौसम राडार का किया वर्चुअल लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत करेंगे कोविड टीकाकरण का यह अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तीन हजार छह स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने के स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी

इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं

उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि जिले के लिए सात हजार दो सौ डोज प्राप्त हुए हैं और निर्धारित स्थानों पर विभिन्न चरणों के माध्यम से पहली फरवरी तक टीकाकरण किया जाएगा

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं

कुल्लू जिले को दो हजार छः सौ डोज प्राप्त हुई हैं और कल सौ स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा

लाहौल स्पिति जिले के केलंग में कल पहले चरण में सौ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पलजोर ने वैक्सीन को लेकर अफवाहों नजरअंदाज करने का आह्वान किया है हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता कुंदन लाल के अनुसार जिले में टीकाकरण के लिए केलंग व काजा में दो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं मगर काजा में वैक्सीन न पहुंचने के कारण कल ये अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा चंबा जिले में पहले चरण में तीन हजार दो सौ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी जिले में तीन हजार आठ सौ वैक्सीन खुराक प्राप्त हुई है

स्कूल प्रबंधन को कोरोना को लेकर निर्धारित मानक संचालन प्रकियाओं की सरव्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने को भी कहा गया है

इन स्कूलों में हर घर पाठशाला के तहत ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी

मुख्यमंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य विज्ञान व प्रोद्यौगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज शिमला के कुफरी व उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित पहले डॉप्लर मौसम राडार का वर्चुअल लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि मौसम का स्टीक पूर्वानुमान न केवल फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जरूरी है बल्कि पर्यटक भी मौसम के अनुसार अपनी यात्रा योजना बना सकते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुफरी में राडार स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये राडार सभी दिशाओं में सौ किलोमीटर तक मौसम का डाटा प्रदान करेगा

सोलन में खंड विकास अधिकारी ललित दुल्टा ने बताया कि मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और डियूटी में तैनात कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा मण्डी जिले में चुनावों की प्रकिया को सम्पन्न करवाने के लिए पांच हजार कर्मचारी तैनात किए गए हैं

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टी को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई है

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में शिमला स्थित राजभवन में धरना प्रदर्शन किया इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केन्द्र सरकार पर इस आंदोलन को सुनियोजित ढंग से बदनाम व दबाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि सरकार औपचारिकता के लिए किसानों से बातचीत कर रही है और किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है राठौर ने कहा कि सरकार का मंहगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है और डीजल व पैट्रोल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है